ऐनीमिया मुक्त राजस्थान के तहत आंगनबाडी केन्द्रो और स्कूलों में सिरप तथा आयरन की दवाईयां वितरित की जायेगी वहीं नशामुक्ति अभियान में जिलों के सभी कार्यालयों में तंबाकू और नशामुक्ति के लिये प्रतिज्ञा दिलाई जायेगी

इसके बाद रघु शर्मा ने पाली जिले में पहुंचकर देरशाम चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और स्वाईन फ्लू की रोकथाम तथा मौसमी बीमारियों के बारे में समीक्षा की

उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की

हालांकि कोर्ट ने भविष्य में डीएनए टेस्ट की जरूरत होने पर भ्रूण को संरक्षित रखने को कहा है पीडिता के पिता ने गर्भपात की अनुमति के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और बाद में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से मदद मांगी थी कोर्ट ने आरएनटी मेडिकल कॉलेज और उससे सम्बद्ध महाराणा भुपाल राजकीय अस्पताल को पीडिता के माता पिता की सहमति के बाद जल्द से जल्द गर्भपात करने के आदेश दिए है

कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है

आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रदेशभर में इस अवसर पर कई कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी और शहीद जवानों को श्रद्वाजंलि अर्पित की जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहीद दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है श्री गहलोत ने अपने संदेश में कहा कि बापू ने हमें सत्य अहिंसा अपरिग्रह और समरसता का पाठ पढाया उन्होंने प्रदेशवासियों का आहवान किया कि वे महात्मा गांधी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर प्रदेश में अमन चैन खुशहाली और भाईचारे का वातावरण बनाएं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देश के लिए अपने प्रार्णो को न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को याद किया और उनके त्याग तथा समर्पण से प्रेरणा लेने की बात कही

कल जोधपुर के घंटाधर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई कंपनियों के प्रस्ताव आ रहे हैं सरकार ने उनसे संपर्क करना श्रूर कर दिया है मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के बाद जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्रसंघ कार्यालय उदघाटन समारोह में भी शिरकत की

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिये आज सर्वदलीय बैठक ब्लाई है वहीं राज्यसभा के सभापित एम वेंकैया नायड ने कल संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों की बैठक बुलाई है

लखनऊ में कल आकाशवाणी द्रदर्शन और ब्यूरो ऑफ आउटरिच कम्युनिकेशन विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में श्री खरे ने यह बात कही इधर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति ने आकाशवाणी से आग्रह किया है कि वह सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक सुचना दें उन्होंने आकाशवाणी मुंबई के विशेष और महत्वपूर्ण संग्रह की सराहना करते हुए कहा कि यह बहुमूल्य संग्रह श्रोताओं के लिए सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए

तीन फरवरी तक चलने वाली प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन आज होगा लेकिन स्पर्धाएं कल सुबह से शुरू होंगी प्रतियोगिता में दस अंतर्राष्ट्रीय साईक्लिस्ट भी भाग ले रहे है